शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास इसी वर्ष धर्मशाला व देहरा में बनेंगे दो परिसर जंजैहली में एसडीएम कार्यालय संबंधी विवाद खत्म संघर्ष समिति का शिमला में मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद ऐलान बजट चर्चा प्रदेश विघानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में अगले वित्त वर्ष के आम बजट पर चर्चा आज शुरू हुई कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा चर्चा में उठाए मुद्दों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने बेवजह बताया और कहा कि इतने छोटे कार्यकाल में कांग्रेस को इतनी बड़ी परेशानी हो जाएगी ये उन्हें मालूम नहीं था मुख्यमंत्री कार्यालय में आरएसएस से जुड़े लोगों की नियुक्ति पर जयराम ठाकुर ने कहा कि ये उनके महत्व का विषय बन गया इसकी मी उन्हें कल्पना नहीं थी मुकेश अग्निहोत्री द्वारा अपने भाषण में अधिकारियों पर टिप्पणी करने को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट के लिए विजन नेतृत्व ने दिया है और व्यवस्था का कांग्रेस पार्टी को सम्मान करना चाहिए इससे पहले चर्चा शुरू करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बजट में कोई नयापन नहीं है और अफसरशाही ने विभिन्न योजनाओं के नाम बजट में बदलवा दिए हैं उन्होंने कहा कि संसाधन पैदा करने की कोई योजना इस बजट में नहीं दिखती और न ही अंतर्राज्यीय विवाद हल करने और न ही प्रदेश के विकास का कोई रोड़मैप नजर आता है मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बजट से स्पष्ट है कि सरकार भविष्य में भारी भरकम कर्ज लेगी उन्होंने बजट में सरकारी नौकरी को लेकर भी सरकार पर पूरी तरह खामोशी बरतने का आरोप लगाया और कहा कि युवाओं को निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया है कांग्रेस नेता ने राज्य में वॉल्वो बसों के परिचालन में पंजाब के एक नेता द्वारा अपना एकाधिकार स्थापित किए जाने का आरोप लगाया जिस पर परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा कि ऐसा नही है और परिवहन क्षेत्र में माफिया को कतई नहीं पनपने देंगे

उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुड़िया मर्डर केस की तुलना कोटला मामले से कर रही है मगर इन दोनों मामलों में अंतर यह है कि कोटला मामले में अपराधी जेल में है तो गुड़िया मामले में जांच करने वाले अधिकारी जेल में हैं कांग्रेस के धनी राम भाांडिल ने बजट को खोखला एवं दिराहीन बताया उन्होंने बजट को पुरानी बोतल में नई शराब के समान बताया बजट पर चर्चा में सदन में हल्की फुल्की नोंक झोंक भी देखने को मिली कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री पर तज कसते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले जो काम मैं पहली बार कर रहा हूं भाई साहब भी पहली बार ही कर रहे हैं ऐसे में दोनों को एक दूसरे की रखनी चाहिए जिस पर सदन में ठहाके लगे जयराम ठाक्र ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की ये पीड़ा भी समझ से परे है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में किस की नियुक्ति हो रही है कम से कम ये सेवानिवृत तो नहीं हैं अधिकारियों पर टिप्पणी को भी जयराम ठाकर ने गैर वाजिब बताया और कहा कि व्यवस्था का सभी को सम्मान करना चाहिए जब कांग्रेस के नेता ने कहा कि बजट की खबरें तो आपकी खूब छप गई हैं तो मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र हल्के फूल्के अंदाज में बोले क्या इस पर भी आपको आपत्ति है मुकेश अग्निहोत्री द्वारा मंदिरों को चर्चा में भाजपा के छिपे एजेंडे को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि माँ के प्रति अपना दायित्व निभाएंगे जिस पर उन्हें गर्व भी है कांग्रेस को अपने कार्यकाल की याद दिलाते हुए उन्होंने सवाल किया कि मंदिर के पैसे से वाहन खरीदने समेत और क्या क्या किया पर्व सरकार ने मुकेश से मुखातिब मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुद को स्थापित करने की चुनौती है और अपनी चर्चा में वे सुझाव देते तो उनका अवश्य सम्मान किया जाता इससे पहले दलाश में आईटीआई संस्थान बंद करने को लेकर भी उद्योगमंत्री विक्रम ठाकुर और कांग्रेस आमने सामने हए विक्रम ठाक्र का कहना रहा कि पूर्व सरकार ने जाते जाते जो दो महीनों में किया ये उसी का एक नमूना है जिसके लिए कोई बजटीय प्रावधान नही है इसी तरह परिवहन का जिक्र आने पर परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस क्षेत्र में किसी माफिया को नहीं पनपने दिया जाएगा

इससे पहले मुकेश अग्निहोत्री ने अपने भाषण में जब कहा कि आपके बजट के प्रोडयूसर व डायरेक्टर वही हैं जो हमारे रहे हैं और पटकथा भी उन्ही ने लिखी है और कोई हास्य कलाकार बदल गया हो तो पता नही जिस पर सदन समेत अधिकारी दीर्घा में मुस्कुराहट दौड़ गई

प्रश्नकाल प्रश्नकाल में कांग्रेस व भाजपा के विभिन्न सदस्यों के सवाल पर सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि विभिन्न पेयजल योजनाओं को ठेके पर दिए जाने की प्रथा पर राज्य सरकार पुर्नविचार करेगी उन्होंने बताया कि विभाग में निश्चित रूप से विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कमी है और इसे भी धीरे धीरे पूरा किया जाएगा महेन्द्र सिंह ने कहा कि पेयजल व सिंचाई योजनाएं सही तरीके से चलाना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें राजनीति का कोई सवाल नही है उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि सभी के सहयोग से वे समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे इससे पहले कांग्रेस के रामलाल ठाकूर भाजपा के बलवीर सिंह सुखराम व राकेश पठानिया ने इस मुद्दे पर सवाल किए

भाजपा के राकेश पठानिया ने चक्की क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर सवाल किया जिस पर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पहले ही दिन से अवैध खनन रोकने का बीड़ा उठाया है और इस मामले में सख्त कार्रवाई भी की गई है उन्होंने कहा कि क्रशरों के परिचालन में जो भी व्यक्ति डिफाल्टर होगा उसके करीबी रिश्तेदार को काम नहीं करने दिया जाएगा विक्रम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि इस मामले में सरकार पूरी तरह चिंतित है और वे खुद राकेश पठानिया के साथ चक्की क्षेत्र का दौरा करेंगे राकेश पठानिया ने खनन के नाम पर इलाके में खुले फिश पौंड भी बंद करने का सुझाव दिया

राकेश सिंघा के ही एक अन्य सवाल पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास इसी वर्ष हो जाएगा उन्होंने कहा कि इसके दो परिसर धर्मशाला व देहरा में खुलने तय हो गए हैं देहरा की जमीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नाम कर दी गई है जबकि धर्मशाला की जमीन जल्द हस्तांतरित कर दी जाएगी जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र सिराज में एसडीएम कार्यालय को लेकर चल रहा विवाद समाप्त हो गया है विधानसभा में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में संघर्ष समिति के सदस्यों से आज शिमला में बातचीत हुई जिस दौरान विवाद समाप्ति का रास्ता निकल आया

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने लोकसभा में सांसद वीरेन्द्र कश्यप के एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि उड़ान योजना में उन राज्यों को चुना गया है जहां हवाई सेवाओं के माध्यम से बेहतर उड़ान सुविघाएं दी जानी हैं सुक्ख प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह ने द्वंग चिंतपूर्णी और भटियात ब्लॉकों की कांग्रेस कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है समाचार एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार के अनुसार विधानसभा चुनाव में इन ब्लॉकों में हुई पार्टी की करारी हार पर ये निर्णय लिया गया है मीडिया वरिष्ठ पत्रकार रोहित कुमार सावल मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार होंगे इस संबंध में आदेश आज जारी किए गए बताया जाता है कि वे मंडी जिले के गोहर इलाके से संबंधित हैं रोहतांग लाहौल स्पिति जिले के प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रे से सीमा सड़क संगठन ने बर्फ हटाने का कार्य आज से शुरू कर दिया है संगठन के जवान इसमें भारी मशीनरी की मदद ले रहे हैं संगठन के सितिंगरी में तैनात ऑफिसर कमांडिंग लैफ्टिनेंट कर्नल विजय कुमार ने बताया कि इस महीने के अंतिम सप्ताह तक दर्रे को आवाजाही के लिए बहाल कर दिया जाएगा रोहतांग दर्रा वाहनों की आवाजाही के लिए दिसम्बर से बंद है पंचायत समिति चम्बा जिले में पांगी पंचायत समिति के अध्यक्ष योगराज ने बर्फबारी से बंद पड़े अंदरूनी मार्ग जल्द खोलने का आग्रह प्रशासन से किया है किलाड़ में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि बसों की आवाजाही सुचारू होने से लोगों को महंगे दाम पर टैक्सी में नही जाना पड़ेगा

चम्बा में पत्रकारों से बातचीत में सिमरनजीत ने बताया कि किक बॉक्सिंग उन्होंने यू टयूब से देखकर सीखी है